इस क्षेत्र में इन्सानों और जानवरों के जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है यहां मारे गए पक्षियों को भी सावधानीपूर्वक दफनाया जा रहा है ताकि ये बीमारी आगे न फैले उन्होंने कहा कि यदि जरूरी हुआ तो राज्य के अन्य झीलों में भी पक्षियों पर निगरानी कड़ी की जाएगी मुख्यमंत्री ने कहा कि वे कल कांगड़ा जिला के दौरे पर जा रहे है और धर्मशाला में समीक्षा बैठक में स्थिति का जायजा लेंगे बैठक में पौंग डैम क्षेत्र के लोगों को टैमीफ्लू दवाई देने पर भी विचार होगा

वीरमद्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री वीरमद्र सिंह ने प्रदेशवासियों से पंचायती राज संस्थाओं जिला परिषद बीडीसी नगर पंचायत और नगर परिषदों के चुनाव में साफ सुथरी छवी वाले लोगों को चुनने का आहवान किया है वीरमद्र सिंह ने आज शिमला में एक बयान में कहा कि लोकतंत्र के इस पर्व में सबको अपने मताधिकार का प्रयाग करना चाहिए वीरभद्र सिंह ने मतदाताओं से विकास की सोच रखने वाले उम्मीदवारों का चूनने और आपसी सोहार्द तोड़ने वालों से सावधान रहने को कहा है

उन्हें मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति एल नारायण स्वामी ने प्रदेश उच्च न्यायालय में आयोजित एक सादे समारोह में पद की शपथ दिलाई इससे पहले न्यायमूर्ति रवि मलिमठ उत्तराखंड उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे इस मौके पर प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकर न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकूर न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल न्यायमूर्ति संदीप शर्मा न्यायमूर्ति चंद्रभूषण बारोवालिया न्यायमूर्ति अनुप चितकारा और न्यायमूर्ति ज्योत्सना रेवाल दुआ भी उपस्थित थीं

इसी कड़ी में आज सोलन में चुनाव डयूटी में लगाए गए कर्मचारियों के लिए ठोडो मैदान में पहले पुर्नाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया इस दौरान उपमंडल अधिकारी अजय यादव ने चुनाव में लगे कर्मचारियों को स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव की बारिकियों के बारे में जानकारी दी मौसम प्रदेश में हई भारी बर्फबारी का दौर थमते ही मनाली केलंग राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात बहाल करने के लिए सड़क से बर्फ हटाने का काम युद्ध स्तर पर आरंभ हो गया है सीमा सड़क संगठन के एक प्रवक्ता ने बताया कि अटल टनल रोहतांग के दोनों ओर बर्फ हटाने का काम आरंभ किया गया है और इस कार्य के आज रात तक प्रा कर लिए जाने की उम्मीद है लाहौल स्पीति के उपायुक्त पंकज राय ने भी लोक निर्माण विभाग को जिले के सभी हेलीपेड तक सड़कों से बर्फ हटाने के निर्देश दिए हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति में यहां तक पहुंचा जा सके